उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्व को फायदा होगा सोलहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज वर्च्अल तरीके से उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही

उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स कोष में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली

इसमें स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी

प्रधानमंत्री सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे वहीं कोविन एप में एक करोड़ लोगों का डाटा फीड किया गया है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द टीकाकरण की शुरूआत होने की संभावना है उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए किसी के मन में भ्रांतियां न रहे इसका विशेष ध्यान रखा जाए उन्होंने इसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों व्यापारी मण्डलों और समाज के ब्द्धिजीवी वर्गो के साथ बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिये

खटीमा बनबसा फोर लेन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने खटीमा बनबसा के बीच सड़क को फोर लेन बनाने और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मंजूरी दी है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है

इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस मार्ग को फोर लेन बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की सहमति दे दी गई है इस पर राज्य सरकार की ओर से तत्काल केंद्र सरकार को अनापति प्रदान कर दी गई है इस मार्ग के निर्माण से भारत नेपाल के बीच नया व्यापारिक जोन भी बनेगा

इसके तहत हर विकासखंड में दो स्कूल खोले जाएंगे

उत्तराखंड पंचायतीराज केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों का अधिक सक्रियता और चेतन्यता से कार्य करने का आहवान किया है केन्द्रीय मंत्री ने देहरादून में लोकसभा सचिवालय और उत्तराखण्ड पंचायतीराज विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के समापन सत्र में प्रतिभाग किया उत्तराखण्ड के प्राकृतिक संसाधनों और उनके संरक्षण संवर्धन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करते हए कहा कि अगर हमें अपने गांव समाज और भारत को श्रेष्ठ बनाना है तो बड़ी सोच रखनी पड़ेगी उन्होंने एक भारत और श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करने के लिए ईमानदारी पारदर्शिता और जज्बे के साथ काम करने का आग्रह किया उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन को उत्साहवर्द्ध बताया

कार्यक्रम में उत्तराखण्ड से पंचायती राज संस्थाओं के लिए सम्पर्क और परिचय कार्यक्रम की शुरूआत करने के लिये केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकसभा महासचिव उत्पल क्मार सिंह को सम्मानित भी किया गया गाय का घी चमोली जिले से बद्री गाय का शुद्ध घी अब पूरे देश के लोगों को ऑनलाइन मिलना श्रू हो चुका है अब घर बैठे श्द्ध बद्री गाय घी को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है बद्गी गाय घी जिले की महिला स्वयं सहायता समूहों दवारा परम्परागत बिलोना विधि से बनाया जाता है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि ग्रोथ सेंटरों में निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बद्गी घी की ऑनलाइन बिक्री करायी जा रही है जोशीमठ ब्लाक के अन्तर्गत बद्री गाय घी के दो ग्रोथ सेंटर संचालित हैं कार्यशाला चंपावत चंपावत में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट के निस्तारण को लेकर पैरामेडिकल कर्मियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में जिलेभर के डॉक्टरों फार्मासिस्टों नर्सिंग स्टाफ के कर्मियों को बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के बारे में जानकारी दी गई जिले के अपर म्ख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ इंद्रजीत पाण्डेय ने बताया कि कार्यशाला में कोविड वैक्सिनेशन के दौरान मेडिकल ट्रीटमेंट से उत्पन्न क्ड़ा निस्तारण के तौर तरीकों को लेकर बताया गया

एडवेंचर मीट के दूसरे दिन आज मैराथन दौड़ में तीन टीमों ने प्रतिभाग किया इसके अलावा बाइक रैली भी हई

रैली के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया

एडवेंचर मीट के लिए एक हजार से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है